आखिरी चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए

कहा प्रकृति पर्यावरण और पर्यटन हैं मेरा मिशन तापमान बढ़ने के साथ ही टिहरी के जंगलों में फैली आग ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहा वन विभाग पंचकेदारों में से द्वितीय केदार भागवान मद्महेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू चल विग्रह डोली ओंकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए रवाना हुई

इस चरण में आज सात राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश की उनसठ सीटों पर मतदान हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की तेरह तेरह पश्चिम बंगाल की नौ बिहार तथा मध्य प्रदेश की आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखंड की तीन और चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल हैं इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा रविशंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल तथा हरदीप सिंह पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रनाथ पांडेय किरण खेर सनी देओल और रविकिशन शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल कांग्रेस की मीरा कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबु सोरेन के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इसी चरण से होगा

इसके बाद वे दिल्ली लौट गए

ध्यान गुफा से मंदिर तक के करीब डेढ़ किलोमीटर लम्बे रास्ते में वह कई स्थान पर रुके उन्होंने आसपास की पहाड़ियों को निहारा केदारनाथ में पूजा के बाद प्रधानमंत्री बदरीनाथ गए जहां उन्होंने बाबा बदरी विशाल के दर्शन किए यहां वे सिंह द्वार से बाहर आए मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें स्मृति चिह्न के साथ ही माणा जनजाति के लोगों की बनाई हुई ऊन की शॉल भेंट की इसके बाद वे बदरीनाथ मंदिर समिति के गेस्ट हाउस में गए यहां उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की साथ ही आसपास मौजूद तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया इसके बाद वे सेना के हेलीकॉप्टर से जौलीग्रांट हवाई अड्डे पहुंचे यहां सेना के विशेष विमान से वे नई दिल्ली पहुंचे

मन्दिर के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हये उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब से ही आपदा के बाद केदारनाथ के लिए कुछ करना चाहते थे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें ये सौभाग्य मिला उन्होंने कहा कि बर्फबारी के चलते तीन माह तक निर्माण कार्यो में दिक्कत आती है इसके बावजूद केदारपुरी में लगातार कार्य किया गया यहां के लिए मास्टर प्लान बनाया गया उन्होंने कहा कि मैं खुद केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों को रिव्यू करता हूं वीडियो कांफ्रेसिंग से भी यहां की जानकारी लेता रहता हूं उन्होंने कहा कि कपाट खुलने से दो महीने पहले ही यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू हो जाती है मुश्किल परिस्थितियों में लोग यात्रा शुरू करने के लिए कार्य करते हैं लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए चुनाव में जीत की मन्नत के प्रश्न पर श्री मोदी ने कहा कि मैं भगवान से कभी मांगता नहीं हूं मांगना मेरी प्रवृति नहीं है भगवान ने मांगने नहीं देने योग्य बनाया है उन्होंने चुनाव आयोग का आभार जताया और कहा कि आचार संहिता के बावजूद उन्हें दो दिन आध्यात्मिक भूमि में आने का सौभाग्य मिला

जिससे वन संपदा तो नष्ट हो ही रही है साथ ही पशु पक्षी समेत वन्य जीवों का भी नुकसान हो रहा है वन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए ग्रमीण स्तर पर कमेटियों का गठन किया है पटवारी ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरियों को इस कमेटी में रखा गया है टिहरी के प्रभागीय वनाधिकारी कोको रोसे ने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन से भी आग पर काबू पाने में सहयोग मिला है स्थानीय स्तर पर पटवारीतहसीलदार और एसडीएम भी कमेटियां बनाकर आग बुझाने के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि वन विभाग लगातार आग बुझाने के काम में लगा हुआ है उधर देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के पंचूर गांव के लोगों ने अपने गांव के कई हेक्टयर जंगल को आग से बचाने के लिए सामूहिक साझेदारी दिखायी

आग लगने की सूरत में गांव की महिलाएं और पुरुष मिलकर जंगल को आग से बचाते हैं वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह जंगलों में आग न लगाएं

इस अवसर पर दमक कलकोट के स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग विशेष रूप से पूजा अर्चना के लिए आते हैं गौरतलब है कि भगवान रुद्रनाथ मंदिर देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मुख लिंग के दर्शन होते हैं